प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के अन्य देशों की सहायता के लिए लगातार प्रयासरत है और वह ऐसा करना जारी रखेगा उन्होंने कहा है कि थकने पर ठहर जाना समस्या का समाधान नहीं है और हम सबको कोरोना महामारी का मिलकर मुकाबला करना होगा श्री मोदो ने यह बात बुद्ध पूर्णिमा पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में कही यह कार्यक्रम कोरोना योद्धाओं के सम्मान में आयोजित किया गया था प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बिना किसी भेदभाव के देश विदेश के हर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता के लिए द्रढ़ता से खड़ा है बाइट भारत निःस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और प्ररे विश्व में कहीं भी संकट में धिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है लाभ हानि समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिये संकट की ये घड़ी सहायता करने की है जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है श्री मोदी ने कहा कि बुद्ध भारत में सिद्धि और आत्म सिद्धि दोनों के प्रतीक हैं उन्होंने कहा कि आत्म सिद्धि की भावना से ही भारत मानवता और विश्व समूदाय के हित में काम कर रहा है बाइट बुद्ध भारत के बोध और भारत के आत्म बोध दोनों का प्रतीक है इसी आत्म बोध के साथ भारत निरंतर पूरी मानवता के लिए पूरे विश्व के हित में काम कर रहा है और करता रहेगा भारत की प्रगति हमेशा विश्व की प्रगति में सहायक होगी लेकिन जो बात हमें हमेशा ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा काम निरंतर सेवा भाव से ही होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि बुद्ध सेवा और समर्पण का पर्याय हैं और इस मुश्किल घड़ी में कई लोग दूसरों की मदद करने कानून व्यवस्था बनाये रखने संक्रमितों का इलाज करने और साफ सफाई बनाये रखने के लिए चौबीसो घंटे चुनौतियों का सामना कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये सभी कोरोना योद्वा प्रशंसा और सम्मान के पात्र हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गोपाला पट्टनम के पास आर आर वेंकटप्रम गांव में स्थित पॉलीमर्स लिमिटेड कंपनी के संयंत्र से बड़े पैमान पर स्टायरीन गैस के रिसाव से अब तक ग्यारह लोगों की मौत हो गई और करीब दो सौ लोग बीमार हो गये यह दुर्घटना आज तड़के हुई जिससे संयंत्र के आसपास के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले गांवों पर इसका असर पड़ा करीब साठ लोगों को इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है यह दुर्घटना उस समय हुई जब संयंत्र के कुछ मजदूर लॉकडाउन की पाबंदियों के आंशिक रूप से हटने के बाद एक इकाई को फिर से चालू करने का प्रयास कर रहे थे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा राहत और बचाव कार्य जारी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुघटना में लोगों की मौत पर गहरा दुःख व्यक्त किया है

प्रधानमंत्री ने गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद थे

इस संबंध में दोनों पक्षों के बीच समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है

गम्भीर रूप से पीडित मरीजों की जीवन रक्षा में अहम भूमिका निमाने के साथ ही ये वेंटिलेटर इस तरीके से डिजाइन किया है जिससे अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना वायरस की चपेट में आने से बच सकेंगे सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ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

उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दीं

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रवासी कामगार पैदल यात्रा करके प्रदेश में न आये मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने तथा जनपदों में सैनिटाइजेशन का काम निरन्तर जारी रखने के निर्देश दिये हैं

मंडी स्थलों पर सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई के भी निर्देश दिये गये हैं

एक हजार एक सौ तीस लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है प्रदेश में अब तक इस संक्रमण से इकसठ लोगों की मौत हुई है

इस अनुसंधान में अश्वगंधा यष्टिमध् गुडुचि और पिप्पली जैसो जडी बूटियों और उनसे बनने वाली औषधियों से बीमारियों के इलाज के बारे में पता लगाया जाएगा आयुष मंत्री श्रीपद नाइक और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा के साथ इस अनुसंधान परियोजना का शुभारंभ किया इस सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत बीमारियों की रोकथाम में आयुष दवाओं के उपयोग के प्रभाव का भी अध्ययन किया जाएगा

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है राज्यपाल ने अपने बधाई सन्देश में कहा कि भगवान गौतम बुद्ध ने अहिंसा सम्यक कर्म समानता और मोक्ष प्राप्ति के लिये सहज साधना का जो मर्म बताया था वह अनुकरणीय है उन्होंने कहा कि हजारों वर्ष पूर्व दिये गये उनके उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं

डुमरियागंज से भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेशवासियों को श्रभकामनाएं दी है उन्होंने कहा कि गौतमबुद्ध के दया करूणा समभाव और अहिंसा के संदेश आज की मुश्किल चुनौतियों में हमें संबल प्रदान करते हैं

यह विशेष कार्यक्रम आज रात ना बजकर पच्चीस मिनट पर एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने मनरेगा के तहत काम को हरी झंडी दे दी है प्रदेश में भी मनरेगा के काम शुरु हो गए है इससे जहां कामगारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल रहा है वहीं लाकडाउन में पलायन कर आए बाहरी मजदूरों को भी सहारे की उम्मीद है